कल नई दिल्ली में प्रगति मैदान में उन्होंने पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी संस्कृति भारत के लिए नई नहीं है और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है पहली बार देश में आयोजित इस मेले का उद्देश्य देश और विदेश में सहकारी व्यापार को बढ़ावा देना है जिससे ग्रामीण और क्रषि सम्पन्नता में वृद्धि होगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल केंद्र सरकार की स्वास्थ्य संस्थाओं जिला अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया ये पुरस्कार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता और साफ सफाई के ऊर्चे मानदंड बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजे जाएं श्री पायलट ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में पीएमजीएसवाई की प्रगतिरत और पूर्ण कार्यों की समीक्षा की

उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा है कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और जिला स्तर तक अधिकारों के विकेन्द्रीकरण से प्रदेश में औद्योगिक विकास का बेहतर माहौल बना है उन्होंने कहा कि राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढाना सरकार की प्राथमिकता है

गौरतलब है कि दूसरे चरण में ईडब्लूएस के मकान और फ्लैटों की संख्या अधिक थी

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने सभी सरकारी विभागों को उनके कार्यालयों में प्राप्त होने वाले परिवाद प्रार्थना पत्र और परिवेदनाओं के प्राप्त होने पर उनकी प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से दिये जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि सरकारी पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय और अधिकारी की ई मेल आईडी भी अंकित की जाये

टोंक जिले के मालपुरा में आज कर्फ्यू में सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक छूट दी गई है जिला कलेक्टर के के शर्मो ने बताया कि इस र्दोरान आमजन अपने जरूरी सामान दूध सब्जी और किराने की वस्तुओं की खरीददारी कर सकेंगे